उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ नवाचार पर भी ध्यान देने की जरूरत है श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में शिक्षा के पुनरूत्थान के शैक्षिक नेतृत्व सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय में भी नवाचार पर जोर दिया जाता था उन्होंने कहा कि शिक्षा में नवाचार के बिना संतुलित विकास संभव नहीं है श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का बजट बढाने का फैसला लिया है श्री मोदी ने कहा कि पिछले चार सालों में देश में कई आईआईटी आईआईएम और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई है उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद व्यक्ति के हर आयाम का संतुलित विकास करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की मांग है कि ग्लोबल सिटीजन और ग्लेबल विलेज के दर्शन पर भी सोचना चाहिये उन्होंने कहा कि आईआईएम जैसे संस्थानों को स्वायतत्ता दी गई है और सरकार शिक्षण संस्थानों में विचारों के खुले प्रवाह की पक्षधर है श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में यूजीसी ने ग्रेडेड एटोनोमी रेगूलेशन्स भी जारी किये है अब रोजाना एक नई टैक्नोलॉजी सामने आ रही है इस अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर भी मौजूद थे

अन्य संसदीय क्षेत्रों में बिलासपुर बस्ती धनबाद और मेंदसौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र शामिल है

जयपुर में आज सेना की सप्त शक्ति कमान की ओर से विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया इसमें स्कूली विद्यार्थियों ने सेना द्वारा युद्ध के समय काम लिये जाने वाले हथियारों और उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की इस अवसर पर कर्नल विवेक मिश्रा ने बताया कि इस पर्व को मनाने का उद्देश्य जनता में देश की अभेद्य सुरक्षा का विश्वास जगाना है

नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में आयोजित समारोह में श्री राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम से रेडियो और ज्यादा लोकप्रिय हो गई है उन्होंने कहा कि एलेक्सा के माध्यम से वॉयस कमाण्ड के जरिये लोग लोकल स्टेशन को सुन सकेंगे

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया इस सम्मेलन में मेडिटेशन के माध्यम र्स पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर विस्तार से चर्चा होगी

राज्यपाल श्री सिंह ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विषेष माफी योजना के तहत इन कैदियों को रिहा करने की मंजूरी दी है

इस हड़ताल से रोडवेज की बसें नहीं चल रही और यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है